मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से हिमाचल में महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा सुनिश्चत करने के लिए राज्य को एक और महिला भारतीय रिजर्व बटालियन मंजूर करने का आग्रह किया है नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता प्रदान कर रही है जयराम ठाक्र ने बताया कि प्रदेश में सात आईआरबी हैं जिनमें से एक महिला बटालियन है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वर्णिम हिमाचल दृष्टिपत्र को नीति दस्तावेज के रूप में अपनाया है और इसे पूरी तरह से लागू किया गया है मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से मॉनसून के दौरान प्रदेश को हुए भारी नुकसान के लिए धनराशि जल्द स्वीकृत करने का भी आग्रह किया गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री की सभी मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए किसानों से प्राकृतिक खेती को समर्पण और ईमानदारी के साथ अपनाने का आह्वान किया है वे आज सोलन के नौणी स्थित डॉक्टर वाई एसपरमार वानिकी व बागवानी विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर आयोजित परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक कृषि के उत्पादों के विपणन पर योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया जा रहा है और राज्य सरकार देसी गाय की खरीद को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान कर रही है

आचार्य देवव्रत ने किसानों से प्राकृतिक खेती के प्रचार प्रसार के लिए समूह बनाकर कार्य करने का आग्रह भी किया इस अवसर पर प्राकृतिक कृषि के परियोजना निदेशक राकेश कवर ने कहा कि प्रदेश के अन्य स्थानों पर इस तरह की परिचर्चाएं आयोजित की जाएंगी

उत्तर प्रदेश के वन व पर्यावरण मंत्री उपेंद्र तिवारी ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सरकारी आवास ओक ओवर में भेंट के दौरान उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आमंत्रण पत्र सौंपा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए जयराम ठाकुर से हिमाचल के सांस्कृतिक दलों सहित प्रत्येक गांव से कम से कम एक नागरिक की सहभागिता सुनिश्चित बनाने का अनुरोध भी किया है मुख्यमंत्री ने आमंत्रण के लिए योगी आदित्य नाथ का धन्यवाद किया है औद्योगिक हब राज्य सरकार प्रदेश को देश का औद्योगिक हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध और सरकार राज्य की निवेश क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए जून माह में मैगा औद्योगिक सम्मेलन आयोजित करेगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शिमला में भारतीय उद्योग परिसंघ के उपाध्यक्ष हरीश अग्रवाल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर मीट को सफल बनाने में भारतीय उद्योग परिसंघ की महत्वपूर्ण भूमिका होगा अग्रवाल ने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए परिसंघ की ओर से हर संभव सहायता का आसवासन दिया किशन कपूर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने युवाओं से सैनिकों के जीवन से अनुशासन सपर्मण और प्रतिबद्दता की सीख लेने का आहवान किया है धर्मशाला क्षेत्र की राजकीय आदर्श वरिष्ठ माधमिक पाठशाला दाड़ी के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि भारत के वीर सैनिक कठिन परिस्थितियों में भी दुर्गम क्षेत्रों में देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और हम सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए किशन कपूर ने कहा कि हिमाचल को देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि के नाम से भी जाना जाता है

वे आज राजकीय माध्यिमिक पाठशाला कल्याड़ा के वार्षिक समारोह में बोल रही थी सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए प्रयासरत है सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि भारत प्राचीनकाल से ही विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नत व अग्रणी रहा है ये बात आज उन्होंने बिलासपुर जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तलाई में आठवीं राज्य स्तरीय प्रदर्शनी व प्रौजेक्ट प्रतियोगिता की अध्यक्षता करते हुए कही सुरेश भारद्वाज ने कहा कि युवा पीढ़ी नई सोच के साथ नए आविष्कार करने में सक्ष्म है और बच्चों को व्यवहारिक माध्यम से समझाने की जरूरत है

विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने आज सुल्ह विधानसभा क्षेत्र के भवारना में एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है और उन्होंने युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने की जरूरत बताई विपिन परमार ने कहा कि मरीजों को बेवजह अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में रैफर करने वाले और मंहगी दवाईयां लिखने वाले चिकित्सकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

अंतिम संस्कार जम्मू कश्मीर के पुंछ में हिमस्खलन की चपेट में आने से शहीद हुए कांगड़ा जिले के सिहाल निवासी लान्स नायक सपन चौधरी का अंतिम संस्कार आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया इस मौके पर सिक्ख रेजिमेंट ने शहीद को सलामी दी धर्मशाला से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि परिजनों सहित सैंकड़ों लोगों ने शहीद को नम आंखों से अंतिम विदाई दी इस दौरान एसडीएम बलवान चंद और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लांस नायक सपन चौधरी की मुत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई है मारकंडा अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती स्कूल के पूर्व छात्रों को सम्मानित करने की राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिससे विद्यार्थियों को प्रेरणा व प्रोत्साहन मिलेगा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुन्नी के वार्षिक समारोह में ये विचार व्यक्त किए उन्होंने कहा कि सुन्नी या बसंतुपर में जगह का चयन कर सब्जी मंडी का निर्माण किया जाएगा रामलाल मारकंडा ने बताया कि कृषि विभाग के तहत किसानों को कृषि उपकरणों की खरीद और सोलर फैंसिंग पर सब्सिडी दी जा रही है

उन्होंने कहा कि खेल व्यक्ति के जीवन में सार्थक भूमिका निभाते हैं इस अवसर पर भाजपा नेता प्रमोद शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए

विक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास के लिए अनेक कदम उठा रही है

विकम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार निष्पक्ष व भ्रष्टाचार मुक्त शासन उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता कार्य कर रही है उद्योग मंत्री ने जनसमस्याएं भी सुनीं और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि नाहन शहर की महत्वकांक्षी उठाऊ गिरि पेयजल योजना का निर्माण कार्य युद्धस्तर पर जारी है और जल्द ही इसका लोकार्पण किया जाएगा वे आज राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नाहन के वार्षिक समारोह में बोल रहे थे

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए रहे जबकि जनजातीय लाहौल स्पिति सहित कुल्लू व चंबा जिलों की उंची चोटियों पर दोपहर बाद से हल्का हिमपात हो रहा है बर्फबारी से शीतलहर बढ़ गई है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है कुल्लू जिला प्रशासन ने उपरी क्षेत्रों में भारी हिमपात व निचले इलाकों में वर्षा की संभावना को देखते हुए लोगों से उंचाई वाले स्थानों में न जाने की अपील की है किन्नौर से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि प्रशासन ने मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिले में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है

चंबा के तिस्सा में बघेईगढ़ के समीप बीती रात एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार तीनों लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई वहीं चुराह विधानसभा क्षेत्र के खाकड़ी पुल के पास एक युवक संतुलन बिगडने से करीब दो सौ फुट गहरी खाई में गिर गया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई

इधर सिरमौर जिले के संगडाह और शिलाई उपमंडल में दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में तीन लोगों की मृत्यु हुई है जबकि दो अन्य घायल हुए हैं कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एकजुट होकर जनसमंपर्क अभियान तेज कर दिया है सोलन जिले के कंडाघाट में आज पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकूर सुखविन्द्र सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया दोनों नेताओं ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर विकास कार्य करवाने में विफल रहने का आरोप लगाया त्रिलोक कपूर भाजपा अनुसूचित जनजातीय मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष त्रिलोकपुर ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना से प्रदेश के हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं चंबा में आज एक पत्रकारवार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना से छूटे लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए हिमकेयर योजना शुरू की है जिसके माध्यम से भी लोगों को निशल्क स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा